नई दिल्ली में कल नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम के सफल कियान्वयन के लिए आवश्यक पदों को भरने के प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नई योजनाएं लागू करने का निर्णय भी लिया गया है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं उन्होंने कहा कि मन की बात के लिए मिलने वाले विचारों और जानकारी से इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है

समर फैस्टिवल वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में भुंतर मणिकर्ण सड़क को चौड़ा करने के लिए केन्द्र सरकार की मदद से कदम उठाए जा रहे हैं जिले के कसोल में ग्रीष्मोत्सव के समापन पर उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क की कायाकल्प की जाएगी गोविंद ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र की पुंथल सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा उन्होंने उत्सव के दौरान हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया

इसके तहत इस माह के अंत तक भांग की खेती नष्ट करने का लक्ष्य है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नशीली दवाओं के दुरूपयोग पर शैक्षणिक संस्थानों में हर सप्ताह परामर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में जागरूक बनाना है सूचना व जन संपर्क विभाग भी इस संबंध में नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है महाकुम्म सांसद अनुराग ठाकुर आज मण्डी ज़िले के धर्मपुर में सांसद स्टार खेल महाकुम्म का शुभारम्म करेंगे इसके बाद वे भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर में संयुक्त कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे भाजपा के एक प्रवक्ता के अनुसार उनका क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के शब्द हैं तीन साल से नहीं मिली एक भी सिंचाई योजना हिमाचल दस्तक का कहना है नादौन और फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजनाओं को पैसा दे केंद्र जबकि आपका फैसला लिखता है जयराम ने मोदी के समक्ष रखा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

अजीत समाचार के शब्द हैं बारिश से शिमला में धूल भरी धुंध से राहत मौसम हुआ सुहावना हिमाचल दस्तक के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते से खूब बरसेंगे मेघ

फर्जी परीक्षा मामले संबंधी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है रेलवे एमईएस में मर्ती के लिए उना में करवा दी फर्जी परीक्षा अमर उजाला का शीर्षक है रेलवे और सेना मर्ती के नाम पर ठगी का भंडाफोड़ जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार रेलवे में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह के हवाले से आपका फैसला लिखता है लोकसभा चुनावों में कांग्रेस जनाधार वाले उम्मीदवार ही उतारें जबकि अमर उजाला के शब्द हैं पार्टी में कुछ ठीक नहीं सुक्खू दें इस्तीफा एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय ठगी का मायाजाल में सलाह देते हुए लिखा है कि बिना सोचे समझे लोगों को कोई भी वित्तीय लेनदेन करने से बचना होगा लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग जागरूक हो और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं